मास्क लगायें दो गज की सुरक्षित दुरी बनाये रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें

प्रधानमंत्री ने महामारी से प्रभावी रूप से निपटने के लिए तेजी से टीकाकरण करने जांच और स्वास्थ्य संसाधनों को मजबूत करने पर बल दिया उन्होंने स्थानी कंटेनमेंट जोन बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में ऑक्सीजन का उचित विंतरण करने को भी कहा प्रधानमंत्री ने अधिक संकमण वाले राज्यों में आटीपीसीआर और रेपिड एंटीजन टेस्ट के जरिये जांच बढाने के निर्देश दिये बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव गृह मंत्रालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा सूचना और प्रसारण विभाग के सचिव शामिल हुए

झालावाड़ जिले झालरापाटन नगरपालिका की ओर से कोविड अस्पताल परिसर में परिजनों की सुविधा के लिए अस्थाई रैन बसरे और इंदिरा रसाई योजना के तहत निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है योजना के तहत भरतपुर में कोविड मरीजों को दुध दलिया के पैकिट वितरित किये गये

प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरूआत की गई है

झुंझुनू के मलसीसर के कैलाश हाकिम ने सूरत से आक्सीजन सिलेण्डरों की नियमित अपूर्ति करवाने के प्रयास के तहत आज दो ट्रक मुहैया करवाये

टोक में भाजपा जिला इकाई की ओर से शहर में आयुर्वेदिक काढ़ा और मास्क वितरित किये गये

उद्योगमंत्री परसादी लाल मीणा ने आज लालसोट में उपखण्ड अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुये कहा कि सभी सीएचसी और पीएचसी पर कोरोना पीडितों का उपचार किया जायेगा

उधर विधायक संयम लोढ़ा ने आज सिरोही जिले के पिण्डवाड़ा अस्पताल का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया करौली जिला कलक्टर ने आज गुढ़ाचन्द्रजी कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निरीक्षण किया